केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी

बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया इससे पहले इस योजना का लाभ दो हेक्टयर भूमि वाले किसानों को मिलता था

अभी तक साढ़े तीन करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ पहुंचा है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तगर्त किसानों को तीन किस्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये दिए जा रहे हैं

यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान के आधार पर देशभर के सभी लघ् और सीमांत किसानों के लिए है

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि केन्द्र सरकार इस पेंशन कोष में उतनी ही राशि डालेगी जितनी राशि लाभार्थी जमा करेंगे उन्होंने कहा कि पहले तीन वर्षो के दौरान पांच हजार किसानों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है

इस योजना का उद्देश्य सभी द्वकानदारों खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है इन लोगों को साठ वर्ष की आयु होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपर्य की पेंशन दी जाएगी

उन्होंने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह दो हजार रूपये से बढ़ा कर ढाई हजार रूपये और लड़कियों की छात्रवृत्ति दो हजार दो सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रति माह कर दी है इस छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद होने वाले राज्य पुलिस के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है

राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत सशस्त्र बलों अर्ध सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के शहीद कर्मियों या पूर्व सैनिकों की पत्नियों और पुत्र पुत्रियों के बीच तकनीकी और स्नातकोत्तर की शिक्षा को बढावा देने के लिए लाग किया गया है

आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को पेश किया जाएगा और उसके अगले दिन पांच जुलाई को केन्द्रीय बजट पेश होगा

न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश विनीत क्मार माथुर की खंडपीठ ने राज्य में वाणिज्यिक अदालतों के सुचारू संचालन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की पालना रिपोर्ट पर कई दिशा निर्देश दिये न्यायालय ने जयपुर में वन भवन की संपूर्ण इमारत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और वाणिज्यिक अदालतों के लिए उपलब्य करवाने का निर्णय चार सप्ताह में लेने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में आयोजित आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग की बैठक में बताया गया कि सुखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मिलने वाले क्रषि आदान अनुदान का कोई भी भुगतान अब बकाया नहीं हैं मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबन्ध और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग जलदाय विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय रखें उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार तुरंत पेयजल के साथ साथ पशु शिविर और चारे की माकूल व्यवस्था की जाए

बैठक में आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री भंवरलाल मेघवाल भी उपस्थित थे

इसके साथ ही विभिन्न जिलों में प्रीपेड टैक्सी ब्रथों की संख्या में भी बढोतरी की जाएगी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल जयपुर में इस सम्बन्ध में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा प्रीपेड टेक्सी संचालक यूनियन के प्रतिनिधियों र्स वार्ता के बाद मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी

इन बूथों पर इकट्ठा की गई राशि को सोसायटी बनाकर बूथ पर सुविधाओं और वाहन चालकों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सकेगा

सेना इसे निष्किय करेगी

हालांकि हालात सामान्य होने पर उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था लेकिन कुछ सुरेंगें रेत में दबी रह गई थी

विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने बताया कि आरोपित मित्तल पर केकड़ी नगर विकास समिति की ओर से उनके द्वारा व्यक्तिगत निर्माणों को लेकर आरोप लगाए गए थे जिसकी विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाया गया था

टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी का फैसला किया

पूरा प्रदेश इन दिनों प्रचण्ड गर्मी और लू से झुलस रहा है लोगों का दिन में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है वहीं तापमान में बढोतरी जारी है

सीमावर्ती जिले में तेज गर्मी और लू से जनजीवन बेहाल हो गया है